केन्द्रीय सूक्ष्म लघू और मध्यम उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि उनका मंत्रालय आम जनता के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को अपने मंत्रालय की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए यह बात कही साउंड बाईट आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि अपने विभाग से दो करोड़ से तीन करोड़ के बीच में लोगों को रोजगार देने का काम किया है श्री सिंह ने बताया कि पिछले चार साल में उनके मंत्रालय ने पंद्रह लाख लोगों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया है केन्द्र सरकार ने राज्य के नक्सल प्रभावित मुंगेर जमुई और बांका जिलों में सोलर पावर पार्क की स्थापना की मंजूरी दे दी है केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री ने बांका के सांसद जयप्रकाश नारायण यादव को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है सांसद ने मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर जमुई जिले के बरहट और बांका के कटोरिया में सोलर पार्क की स्थापना किये जाने की मांग की थी केन्द्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मध्यम आय समूह के लिये ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना के अंतर्गत ब्याज में रियायत की पात्रता के लिये मकानों के कारपेट एरिया में संशोधन को मंजूरी दे दी है सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मध्यम आय समूह एमआईजी वन के संबंध में कारपेट एरिया एक सौ बीस वर्ग मीटर से बढ़ाकर एक सौ साठ वर्ग मीटर कर दिया गया है इसी तरह एमआईजी दो के लिये इसे एक सौ पचास वर्गमीटर से बढ़ाकर दो सौ वर्गमीटर किया गया है निर्माण क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में मंत्रालय का यह एक बड़ा कदम है जिससे मकानों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने देश के प्रत्येक नागरिक से अपील की है कि वे रोजाना थोड़ा वक्त खुद को चुस्त दुरूस्त रखने में लगाएं एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि वे कोई ऐसा व्यायाम करें जो वे आसानी से कर सकते हों उन्होंने कहा कि इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वे योगाभ्यास के अलावा पंचतत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बने ट्रैक पर चहल कदमी करते हैं

इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एच डी कुमार स्वमी टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और चालीस साल से अधिक उम्र के सभी आई पी एस अधिकारियों को फिटनेस चौलेंज दिया है फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान की शुरूआत खेल मंत्री राज्यवर्घन राठौड़ ने की थी

सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी देश सेवा की भावना और अतुलनीय ऊर्जा स्तर से सभी को प्रेरित करते हैं एक ट्वीट में श्री राठौड़ ने फिटनेस चुनौती हम फिट तो इंडिया फिट में भाग लेने और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होने के महत्व को दोहराने के लिए श्री मोदी को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि फिटनेस अभियान में सकारात्मकता है और यह गैर राजनीतिक है साउंड बाई प्रधानमंत्री जी ने एक तरह आह्वान कराया हम सभी से कि हम सबके बीच में चुनौतियां रहती हैं डेड लाइन्स होती है जिम्मेदारियां होती हैं लेकिन वो जिम्मेदारी हम एक ही शरीर से पूरा कर सकते हैं और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम जिम्मेदारियां भी नहीं कर सकते बस इतनी सिम्पल सी बात है और बिलकूल गैर राजनीतिक प्रे देश को साथ में मिलकर अपनी उम्र के हिसाब से अपने तरीके से फिट रहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की श्री कुमार ने सभी जिला पदाधिकारियों को नदी तटबंधों को दुरूस्त रखने और तटबंधों का लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया साथ ही बाढ़ की गंभीर स्थिति से निपटने के लिये राहत खाद्यान्न का स्टॉक सुरक्षित रखने का निर्देश भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिया भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को विभिन्न एजेंसियों द्वारा जब्त की गयी अपनी संपत्ति सरकार को सौंपने की घोषणा करनी चाहिए श्री मोदी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने अठाईस साल की कम उम्र में अठाईस से ज्यादा बेनामी संपत्ति अर्जित की है भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्तरों के भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए बारह पुस्तकें जारी कीं इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि भाजपा सरकार जनादेश को पूरा करने के लिए कार्य रही है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई उत्तर बिहार के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश के कारण कच्चे घरों के छत उड़ गये वहीं पेड़ गिरने से कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही और बिजली की आपूर्ति में रूकावट पैदा हुई पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी में सबसे अधिक पांच सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी है प्राप्त जानकारी के अनुसार समस्तीपुर जिले के हसनपुर और मुजफ्फरपुर के रेवाघाट में तीन तीन सेंटीमीटर बारिश हुई है किशनगंज पश्चिमी चंपारण भागलपुर खगडिया जिले में भी कई स्थानों पर बारिश हुई है मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज आंधी चलने और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गयी है इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे आज पटना का अधिकतम तापमान उनतालीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया वहीं गया का अधिकतम तापमान लगभग बयालीस डिग्री सेल्सियस रहा प्रदेश में मुखिया सरपंच पंच और ग्राम पंचायत सदस्यों सहित दो हजार चार सौ चौहत्तर पदों के निर्वाचन के लिये उप चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गयी है उप चुनाव के तहत जिला परिषद् सदस्य और पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिये भी वोट डाले जायेंगे कल से बीस जून तक नामांकन दाखिल किये जा सकते हैं मतदान आठ जुलाई को होगा जबकि मतों की गिनती दस जुलाई को होगी अटल पेंशन योजना के तहत केन्द्र सरकार पेंशन की सीमा बढ़ाकर दस हजार रूपये प्रतिमाह करने की तैयारी कर रही है वर्तमान में यह सीमा पांच हजार रूपये प्रतिमाह है वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव मदनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस पेंशन योजना को आकर्षक बनाने के लिये पेंशन मूल्य बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है इस संबंध में पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से सरकार को प्रस्ताव दिया गया है बिहार ग्रामीण बैंक का मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में विलय किया जायेगा इसके बाद राज्य में दो ग्रामीण बैंक ही रह जायेंगे अभी राज्य में कुल तीन ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संघ के संयोजक डीएन त्रिवेदी ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण बैंकों का विलय कर उनकी संख्या कम करने का फैसला किया है मधुबनी निवासी अद्विका झा ने वायू सेना में विमान उड़ाने के लिये पायलट का प्रशिक्षण प्रा कर लिया है वे जिले के उमरी गांव की रहने वाली हैं इससे पहले दरभंगा की भावना कंठ को वायु सेना में विमान उड़ाने का गौरव हासिल हुआ है जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को जापान के प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यह पुरस्कार संस्कृति और समुदाय श्रेणी के अंतर्गत साफ सफाई एवं भेदभाव दूर करने के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और इनफोसिस के अध्यक्ष नारायण मूर्ति यह पुरस्कार पाने वाले प्रमुख भारतीय हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने स्कूल में छठी कक्षा में दाखिले के लिये आयोजित की गयी प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है इसके बाद मुख्य परीक्षा चौबीस जून को आयोजित की जायेगी